राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि सभी निकायों में मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ

सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने सदन के कामकाज को सुगमता पूर्वक चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा कि विपक्ष जो भी मुद्दा उठायेगा कार्य मंत्रणा समिति में विचार विमर्श के बाद उस पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी

केन्द्र सरकार ने भी सत्र से पहले आज ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी फॉर्म और रिटर्न को सरल बनाने के विषय पर कल नई दिल्ली में बैठक की बैठक में वित्त मंत्री ने अंशधारकों को आश्वस्त किया है कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए है उन्हें जल्दी ही लागू किया जाएगा उन्होंने अगले वित्त वर्ष से जीएसटी फाइल करने की नई व्यवस्था शुरू करने के बारे में देशव्यापी परामर्श की भी सलाह दी मुम्बई ने पानी की गुणवत्ता से संबंधित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है केन्द्रीय उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने कल नई दिल्ली में यह सूची जारी की

दिव्यांगों को सरकारी भवनों में रैम्प सुविधा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा श्री पायलट ने बताया कि निशक्तजन सरकारी परिसरों में सहजता से आ जा सकें इसके लिए प्रदेश के सभी पंचायत भवनों राजीव गांधी सेवा केन्द्रों और आंगनबाड़ियों में रैम्प बनाए जाएंगे

कांग्रेस ने कल नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक के बाद ये घोषणा की